उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य की गति को बढ़ाया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रभावित गतिविधियों की भरपाई की जा सके लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायक्तों को संबंधित जनपदों में विकास व निर्माण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने जनपद के कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा बस्ती मेरठ फिरोजाबाद मुरादाबाद गौतमबुद्धनगर बुलंदशहर अलीगढ़ गाजियाबाद कानपुर नगर और ज्ञांसी में प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ तथा अनुमवी विशेषज्ञ को भेजने के निर्देश दिए हैं यह विशेषज्ञ स्थानीय चिकित्सा टीम को कोविड नाइन्टीन के उपचार संबंधी उचित परामर्श और सहयोग प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री ने इन जनपदों में प्रमुख सचिव अथवा सचिव स्तर के अधिकारियों को भी नामित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है उन्होंने पुलिस अविकारियों को निर्देश दिया कि बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी हाल में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए प्रदेश सरकार समाज के विभिन्न वर्गो में कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए आज से राज्यव्यापी जांच अभियान चला रही है प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे लोगों के नमूने लिए जाएंगे जिन्हें रोजगार के लिए बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विमाग की टीम वृद्वाश्रम महिला अस्पताल अनाथालय और किशोर गृह जाकर वहां के निवासियों के नमूने एकत्र कर रही हैं अलग अलग दिनों में होम डिलीवरी अखबार विक्रेताओं अस्पतालों के कर्मचारियों दृध की आपूर्ति करने वालों सुरक्षा गार्ड फार्मासिस्ट और सेल्समैन जैसे विभिन्न समूहों के लोगों के नमने जांच के लिए इकटठा किए जाएंगे इस अभियान का उददेश्य कोरोना वायरस के संक्रमण के स्तर का आकलन करना है ताकि उसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें ऐसा ही अभियान पूर्व में प्रदेश के अटठारह जिलों में प्रवासी कामगारों के बीच चलाया गया था इन जिलों के पचहत्तर गांवों से नमूने एकत्र कर जांच की गयी थी सभी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थीं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पलमोनरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनन्त मोहन ने लोगों से कहा है कि वे हाइड्रोक्सी क्लोरीक्वीन या मलेरिया रोघी कोई अन्य दवा का सेवन चिकित्सक की सलाह के बिना न करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई एम ए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं सैनिटाइजर साथ लेकर जायें जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में उससे धोइये या फिर अपने हाथ में ग्लब्स डालकर जाइये साथ में कोई थैला या टोकरी लेकर जाइये जिसमें सब्जी डलवा लें ताकि घर आकर उसको पानी में डालकर उसको अच्छी तरह से धो सकें भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंद्लकर ने कोरोना से बचाव के लिए समी को घर में ही रहने की सलाह दी है इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें इसे एक मौका समझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बीताने का आप अपने आपको हमारे समाज को हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले उनका हम ध्यान रखें और वो कोई रामिंदगी महसूस न करें कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पारस नाथ यादव का आज जौनपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया वह लगभग सत्तर वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री यादव सात बार विधायक दो बार सांसद और तीन बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वह पहली बार उन्नीस सौ पच्चासी में जौनपुर जिले के बरसठी विघानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे उनके निधन से जिले की मल्हनी विधानसभा सीट रिक्त हो गयी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसमें मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बलवीर सिंह भाग लेंगे इसे रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर स्ना जा सकता है श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं